भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं वे बिलासप्र अंबिकापुर रायपुर और जगदलपुर का दौरा करेंगे कांग्रेस ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की चुनावी गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन के लिए सात सदस्यीय कोर कमेटी को किया गठन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरूण कुमार रथ को भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया

इसके जरिए आम नागरिक भी आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचा सकेंगे सी विजिल एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधि या घटनाओं की रिपोर्ट तत्काल दर्ज करा सकता है इसके लिए अब उसे रिटर्निंग अधिकारी के पास जाने की जरूरत नही पड़ेंगी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक डॉक्टर कशल पाठक और निर्वाचन व्यय निगरानी के निदेशक बीसी बत्रा ने रायपुर में रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक अधिकारियों सहित सभी जिलों के सी विजिल नोडल अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ को इस एप के बारे में प्रशिक्षण दिया प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर पाठक ने अधिकारियों को बताया कि सी विजिल मोबाईल एप सभी एंड्राइड आधारित स्मार्टफोन पर काम करता है किसी भी कैमरा वाले स्मार्टफोन थ्री जी या फोर जी इंटरनेट कनेक्शन और जीपीएस की सुविधा से कोई भी नागरिक इस एप का उपयोग कर सकता है उन्होंने बताया कि मोबाइल एप के जरिए दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी अगले सौ मिनट के भीतर एप पर अपलोड कर दी जाएगी डॉक्टर पाठक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन व्यय से संबंधित शिकायतें ही एप पर स्वीकार की जाएंगी और एप में रिपोर्ट की गई शिकायतों का तत्काल परीक्षण कर उड़नदस्ता या निगरानी दल मौके पर पहंचकर जरूरी कार्रवाई करेगा

इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति एक ही घटना की शिकायत एप पर बार बार दर्ज कराता है तो भी एक बार की जांच से उसका निराकरण किया जाएगा उन्होंने बताया कि यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसका भी प्रावधान इस एप पर मौजूद है गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण के लिए नामाकन की प्रक्रिया सोलह अक्टूबर से शुरू होते ही यह एप काम करना शुरू कर देगा

अमित शाह दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं इस दौरान श्री शाह कल बिलासपुर और अंबिकापुर का तथा तेरह अक्टूबर को रायपुर और जगदलपुर का दौरा करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि श्री शाह कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे विशेष विमान से अंबिकापुर के दरिमा विमानतल पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से पीजी कालेज मैदान जाएंगे इसके बाद श्री शाह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ कला केन्द्र मैदान में चौदह विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त पार्टी के करीब र्पेतीस हजार मतदान केन्द्र प्रभारियों से चर्चा करेंगे श्री शाह दोपहर बाद बिलासपुर के लिए रवाना होंगे जहां वे पार्टी के संभाग स्तरीय मतदान केन्द्र प्रभारियों की बैठक लेंगे कांग्रेस कोर कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक कोर कमेटी का गठन किया है इस सात सदस्यीय समिति में प्रदेश प्रभारी पीएलपुनिया प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव के अलावा चरण दास महंत अरविंद नेताम कमला मनहर और ताम्रध्वज साहू को शामिल किया गया है अब ये समिति प्रदेश कांग्रेस की समस्त गतिविधियों और चुनाव अभियान की जिम्मेदारी संभालेगी आप पार्टी प्रशिक्षण आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव एक नई क्रांति लाने जा रहा है उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद प्रदेश के सर्वांगीण विकास की एक नई यात्रा आरंभ होगी श्री राय ने प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हए कहा कि इस चुनाव में उन्हें एक जुट होकर कार्य करना होगा श्री राय ने नामांकन और प्रचार अभियान सहित मतदान केन्द्र प्रबंधन के बारे में जानकारी दी

आज उन्होंने एम रवि से पदभार ग्रहण किया पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर रथ ने बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और संयंत्र के कामकाज के बारे में विस्तुत जानकारी ली गौरतलब है कि डॉक्टर रथ केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं उन्होंने सेल के इस्पात संयंत्र बर्नपुर में परियोजना निगरानी समिति के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है डॉक्टर रथ ने नवंबर दो हजार सात तक केन्द्र सरकार की नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाली है इधर भिलाई इस्पात संयंत्र में हए हादसे में झलसे एक और कर्मचारी की मौत हो गई जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर अब तेरह हो गई है जबकि चार लोगों की हालत गंभीर बनी हई है गौरतलब है कि बीते आठ अक्टूबर को भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन के ग्यारह नंबर बैटरी काम्पलेक्स में सुधार कार्य के दौरान विस्फोट हो गया था विस्फोट इतना भीषण था कि मौके पर ही नौ लोगों की मौत हो गई वहीं बाद में गंभीर रूप से घायल चार अन्य लोगों ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इसके बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम रवि को हटा दिया है इनके अलावा दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है जिनमें सुरक्षा इकाई के महाप्रबंधक और ऊर्जा इकाई के उप महाप्रबंधक शामिल हैं बिलासपुर स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कल बारह अक्टूबर से बिलासपुर के रघ्राज स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता में बारह टीमें हिस्सा लेंगी प्रतियोगिता में बिलासपुर सहित कोटा मस्तूरी मरवाही विधानसभा क्षेत्रों के कॉलेजों की टीम भी हिस्सा लेंगी क्रिकेट टूर्नामेंट की खास बात ये है कि टीम में अधिकांश खिलाड़ी वो होंगे जो पहली बार वोट देंगे

कलेक्टर एकादश में जिला स्तर के अधिकारी और सीएमडी कॉलेज की टीम में पहली बार वोट डालने वाले युवा हिस्सा लेंगे जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसी कड़ी में यह क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है बिलासपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद ने बताया कि शत प्रतिशत मतदान के लिये नये मतदाता समार्ज में ज्यादा जागरूकता ला सकते हैं उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्पर्धा के माध्यम से युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा रेल स्टापेज दशहरा और दीपावली त्यौहार पर ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को कम करने रेलवे प्रशासन द्वारा हटिया और पुणे के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है यह स्पेशल ट्रेन पुणे के लिए सत्रह चौबीस और इकतीस अक्टूबर से सात चौदह नवंबर को हटिया से छूटेगी वहीं हटिया के लिए उन्नीस छब्बीस अक्टूबर और दो नौ तथा सोलह नवंबर को पूणे से चलेगी इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उरकुरा और मांढर स्टेशनों के बीच डाउन लाईन में मरम्मत के लिए तेरह अक्टूबर की रात दस बजे से चौदह अक्टूबर की सुबह आठ बजे तक गेट क्रमांक चार सौ चौदह को सड़क यातायात के लिए बंद रखा जाएगा मौसम चक्रवाती तूफान तितली इस समय दक्षिण ओड़िशा के तट पर सक्रिय बना हुआ है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी पीएल देवांगन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि तितली तूफान अगले बारह घंटों के दौरान मुड़कर पश्चिम बंगाल की ओर जाने लगेगा इस वजह छत्तीसगढ़ में तूफान का असर कम रहेगा हालांकि तुफान के प्रभाव से प्रदेश के महासमुंद बलौदाबाजार जशप्र गरियाबंद और रायगढ़ जिलों में करीब पचास प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाए चलने की संभावना हैं साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है